अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आज कौषल और उद्यमिता पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन

सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा के अनंत ओझा ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की

जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अमान्य कर दिया इस बीच भाजपा के कई विधायक आसन के निकट आकर नारेबाजी करने लगे भाजपा सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही आजसू पार्टी के लंबोदर महतो और विधायक दृल्लू के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने दिया भोजनावकाष के बाद सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने पर भाजपा के अमर बाउरी ने बजट पर चर्चा शुरू करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिये जाने की मांग फिर से उठायी इस बीच भाजपा विधायकों के सदन से वॉकआउट के बीच बजट में पर चर्चा में भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह विधायक प्रदीप यादव बंधु तिर्की और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दीपक बिरुआ समेत अन्य ने हिेस्सा लिया

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मामलों को अकारण लटकाने की कार्यप्रणाली पर जल्द पूर्णविराम लगाए एक अन्य मामले में श्री सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से सरायकेला खरसावा जिले के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि हाता चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता तबतक वैकल्पिक मार्ग यानी डायवर्सन का निर्माण करें झारखंड मुक्ति मोर्चा आज गिरिडीह में पार्टी का सैतालीसवां स्थापना दिवस मना रहा है मुख्य कार्यक्रम देर शाम को गिरिडीह के झंडा मैदान में मनाया जाएगा यह कार्यक्रम रात दस बजे तक चलने की संभावना है इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष षिब् सोरेन मंत्री जगरनाथ महतो हाजी हसैन अंसारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे है

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस सलाह को देखते हुए उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग न लेने का फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वे इस बार न तो होली मनाएंगे और न ही होली मिलन का आयोजन करेंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी होली मिलन समारोहों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़ और सामूहिक कार्यक्रमों से बचें

हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल की टीम आईसोलेशन वार्ड में भर्त्ती मरीजों की स्थिति पर नजर बनाये है

अमी तक दोनों के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की सूचना नहीं है

इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे पदभार ग्रहण करने के बाद श्री प्रकाष ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज निर्भया सामूहिक द्वष्कर्म और हत्या मामले में मृत्यादंड पाए चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी राष्ट्रपति ेअन्य तीन दोषियों की दया याचिका पहले ही खारिज कर चुके हैं

आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर देषभर में एक से सात मार्च तक विभिन्न दिवसों का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत चौथे दिन आज कौषल और उद्यमिता विषय को लेकर राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है खूंटी जिले के तोरपा में भी आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रणब पॉल ने कहा कि महिलाएं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन बखूबी करती हैं लेकिन महिलाओं को अपने अधिकारों को लेकर जानकारी रखने की जरूरत है

कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ नूतन चंद्रा ने बताया कि भारत में जितनी भी विभिनताए हैं उतनी किसी भी देश में नहीं है हमारे देश में एक तरफ गोवा है तो दूसरी तरफ झारखंड है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज रांची में केंद्रीय जीएसटी के मुख्य आयुक्त निशित गोयल एवं प्रधान आयुक्त एसके सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के भदोडीह मोहल्ले में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ़तार कर लिया

गिरिडीह के प्रधान डाकघर में सोलह करोड़ रुपये के घोटाले की जांच शुरू हो गयी है